कल से प्रस्तावित विधानसभा का शीतकालीन सत्र नहीं होगा सर्वदलीय बैठक में लिया गया फैसला

मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के लिए तेजी से काम करने और एक बार फिर स्वच्छता का संकल्प लेने का आहवान किया है

प्रधानमंत्री ने देश में मेड इन इंडिया समान की बढ़ती मांग का जिक करते हुए कहा कि यह लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव का संकेत है उन्होंने देशवासियों को नये साल की शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर स्वच्छता का संकल्प लेने की अपील की उन्होंने कहा कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही हमारे नये साल के संकल्पों में से एक हैं श्री मोदी ने स्वच्छता को लेकर देश के कई हिस्सों में चलाये जा रहे अभियानों से भी प्रेरणा लेने का आहवन किया प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को करोड़ों देशवासियों ने सुना मध्यप्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्री मोदी के संबोधन को सुना

शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी सीबीएसई प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षायें आयोजित करता है इन परीक्षाओं के लिए नवम्बर में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की जाती थी लेकिन इस वर्ष कोविड महामारी के चलते इन परीक्षाओं के कार्यक्रम में विलंब हुआ है शिक्षामंत्री यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षायें फरवरी के बाद ऑफ लाइन आयोजित की जायेगी अनुबंध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने नये कृषि कानून का लाभ आसानी से किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं इसी क्रम में अब किसानों से फसल खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनी के साथ हाने वाले अनुबंध पत्र को अनुविभागीय अधिकारी की कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा ताकि किसान के साथ किसी भी तरह के धोखा ना हो श्री चौहान ने बताया कि कृषि कानूनों की बारीकियों से किसानों को अवगत कराने के लिए प्रदेश की सभी जनपद पंचायतों में प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे

विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा द्वारा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में बताया गया कि कुछ सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इसके चलते यह सत्र आयोजित करना उचित नहीं होगा इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद सभी सदस्यो ने अपनी सहमति जताई मौसम प्रदेश में चक्रवाती गतिविधियां बढ़ने से कल से ठंड बढ़ने के आसर हैं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

पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अलग अलग विषयों पर जिला अध्यक्षों को संबोधित किया इस शिविर में केन्द्र और राज्य सरकारों की उपल्बिधयां के अलावा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के बारे में भी चर्चा हुई पुरस्कार प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय माणिकचंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार फिर से शुरू किया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में माणिकचंद्र वाजपेयी जन्मशताब्दी वर्ष पर उनकी स्मृति में डाक टिकट अनावरण समारोह में यह घोषणा की

वे समाज और पत्रकारों के लिए पूरी तरह समर्पित था कार्यक्रम की अध्यक्ष्ता करते हुए हरियाणा और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि मामाजी के नाम से विख्यात माणिकचंद्र वाजपेयी समाज के लिए प्रेरणा के केन्द्र थे